उन्होंने कहा है कि थकने पर ठहर जाना समस्या का समाधान नहीं है और हम सबको कोरोना महामारी का मिलकर मुकाबला करना होगा श्री मोदी ने यह बात बृद्व पूर्णिमा पर आयोजित ऑनलाइन कार्यक्रम में कही यह कार्यक्रम कोरोना योद्वाओं के सम्मान में आयोजित किया गया था प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत बिना किसी भेदभाव के देश विदेश के हर जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता के लिए दृढता से खडा है भारत निस्वार्थ भाव से बिना किसी मेद के अपने यहां भी और पूरे विश्व में कहीं भी संकट में घिरे व्यक्ति के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है लाम हानि समर्थ असमर्थ से अलग हमारे लिये संकट की ये घड़ी सहायता करने की है जितना संकट हो मदद का हाथ आर्ण बढ़ाने की है श्री मोदी ने कहा कि बुद्ध भारत में सिद्दि और आत्म सिद्दि दोनों के प्रतीक हैं उन्होंने कहा कि आत्म सिद्दि की भावना से ही भारत मानवता और विश्व समुदाय के हित में काम कर रहा है बुद्ध भारत के बोध और भारत के आत्म बोध दोनों का प्रतीक है इसी आत्म बोध के साथ भारत निरतर पूरी मानवता के लिए पूरे विश्व के हित में काम कर रहा है और करता रहेगा भारत की प्रगति हमेशा विश्व की प्रगति में सहायक होगी लेकिन जो बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है वो ये कि हमारा काम निरंतर सेवा भाव से ही होना चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा कि बुद्ध सेवा और समर्पण का पर्याय हैं और इस मुश्किल घडी में कई लोग दसरों की मदद करने कानून व्यवस्था बनाये रखने संक्रमितों का इलाज करने और साफ सफाई बनाये रखने के लिए चौबीसो घंटे चुनौतियों का सामना कर रहे हैं उन्होंने कहा कि ये सभी कोरोना योद्वा प्रशंसा और सम्मान के पात्र हैं इस समारोह को कोरोना वैश्विक महामारी से मुकाबला कर रहे पूरी दुनिया के हेल्थ वर्कर्स और दूसरे सेवाकर्मियों के लिए प्रार्थना सप्ताह के रुप में मनाने का संकल्प लिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेशवासियों को श्भकामनाएं दी हैं ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि महात्मा बृद्ध का अहिंसा करूणा और मैत्री का संदेश संपूर्ण मानवता के लिए अमल्य निधि है उन्होंने कहा कि महात्मा बृद्ध के बताये मार्ग पर चलकर विश्व में शांति और सद्भाव का वातावरण सुजित किया जा सकता है श्री योगी ने कहा कि महात्मा बुद्ध का संदेश हमेशा प्रासंगिक बना रहेगा इस बीच महात्मा बुद्द की महापरिनिर्वाण स्थली क्शीनगर के महापरिनिर्वाण मन्दिर में बुद्द पूर्णिमा पर आज होने वाले सभी धार्मिक आयोजन और समारोह स्थगित रहें कोरोना वायरस पूर्णबंदी के कारण विदेशों में फंसे करीब चौदह हजार आठ सौ भारतीयों को स्वदेश लाने के एक सबसे बड़े मिशन वंदे भारत के अंतर्गत सरकार आज से तेरह मई तक चौसठ उड़ानें संचालित कर रही है विदेश मंत्री एसजयशंकर ने मंगलवार को कहा था कि इस अभियान की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं उन्होंने फसे लोगों से संबंधित देशों के भारतीय दृतावास के साथ संपर्क में रहने की अपील की थी इन चौसठ उड़ानों में दस उड़ानें संयुक्त अरब अमारात से दो कतर से पांच सऊदी अरब से सात ब्रिटेन से पांच सिंगाप्र से सात अमरीका से पांच फिलीपींस से सात बंगलादेश से दो बहरीन से सात मलेशिया से पांच क्वैत से और दो उड़ानें ओमान से शामिल हैं इनमें से पन्द्रह उड़ानें लोगों को केरल लेकर आएंगी इसके बाद तमिलनाड़ और दिल्ली के लिए ग्यारह ग्याराह उड़ानें होंगी महाराष्ट्र और तेलंगाना के लिए सात उड़ानें रहेंगी पांच उड़ानें गुजरात के लिए निर्घारित हैं पहले सप्ताह में सबसे अधिक उड़ानों के माध्यम से खाड़ी के देशों से भारतीय नागरिक वापस आएंगे आयुष मंत्रालय ने स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से चिकित्सीय अनुसंघान कार्यक्रम शुरू किया है जिसके अंतर्गत कोविड नाइन्टीन की रोकथाम और इलाज के लिए आयुर्वेदिक दवाओं के उपयोग की संमावनाओं का पता लगाया जाएगा इस अनुसंघान में अश्वगंघा यष्टिमध् गुड्वि और पिप्पली जैसी जड़ी बुटियों और उनसे बनने वाली औषधियों से बीमारियों के इलाज के बारे में पता लगाया जाएगा आय्ष मंत्री श्रीपद यशो नाइक और केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा के साथ इस अनुसंधान परियोजना का श्भारम किया गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में टेलीफोन के माध्यम से उपचार हेतु परामर्श सुविधा शुरू की गई है प्राचार्य गणेश कुमार ने बताया कि कोई भी व्यक्ति निर्धारित फोन नंबरों पर कॉल करके सुबह आठ बजे से दोपहर दो बजे तक पंजीकरण करा सकता है पंजीकरण के लिए मोबाइल नम्दर हैं नौ सौ पैंतालिस दस छियासी पांच सौ बाईस नौ सौ पैंतालिस दस इक्यान्नबे नौ सौ चौवालिस और नौ सौ पैंतालिस दस इक्यासी चार सौ अट्ठासी कार्यालय के लैण्डलाइन नम्बर शून्य पांच पांच एक दो नौ आठ सात सात सात और शून्य पांच पांच एक दो नौ आठ छः शून्य आठ चार पर भी पंजीकरण कराया जा सकता है मेडिकल कॉलेज ने वाट्सएप नम्बर नौ सौ पैंतालिस दस इकहत्तर आठ सौ पैंसठ भी जारी किया है इस पर रोगी अपने दस्तावेज भेज सकते हैं